राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य उम्मीद्वार पर्चे भरेंगे प्रदेश में कई स्थानों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पीएम कोरोना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है और इससे बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह रखे हए है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा साथ ही उन्होंने देशवासियों से गैर जरूरी यात्राओं को टालने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भीड भाड वाली जगहों से बचकर इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं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 कोरोना देशभर में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है

वहीं कर्नाटक में हाल में सउदी अरब से लौटे बुजुर्ग की मौत कोरोना संकमण से होने की पुष्टि हुई है प्रदेश में अब तक कोराना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है

बीमारी के सेंपल की जांच सुविधा एम्स भोपाल और राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में उपलब्ध कराई गई है इस बीच जिलों में इससे निपटने की तैयारियां की जा रही है

वहीं सिवनी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें संदिग्ध पर्यटकों पर नजर रखने के बारे में जानकारी दी गई स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें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 सभी व्यक्तियों को बार बार साबुन पानी से हाथ धोने चाहिए अथवा अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलने चाहिए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 इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने अथवा मुंह और नाक को कपडे से ढककर रखें

भाजपा नेता नरोत्तम मिश्र ने कल भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार ने बहुमत खो दिया है जिसे देखते हुए उनकी पार्टी राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में शक्ति परीक्षण की मांग करेगी

इसलिए शक्ति परीक्षण नहीं हो सकता है भोपाल में राज्यसभा के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरने के बाद मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि विधायकों को भाजपा ने बंधक बनाकर रखा है

सिधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भोपाल पहॅचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल भाजपा कार्यालय में सभा को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम रही है श्री सिंधिया ने कहा कि उनकों और उनके परिवार को चुनौती दी गई है

श्री सिंधिया आज राज्यसभा का पर्चा दाखिल करेंगे

कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कल पर्चा भर दिया है वहीं दूसरे उम्मीद्वार फुलसिंह बरैया आज नामांकन दाखिल करेंगे वहीं भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और बड़वानी के सुमेर सिंह सोलंकी भी आज पर्चे जमा करेंगे बैडमिंटन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के महिला सिंगल्स में पीवी सिंध् क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं

सिंधू का अगला मुकाबला आज चौथी वरीयता प्राप्त जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा सिंधू इस टूर्नामेंट में अब एक मात्र भारतीय बची हैं रंगपंचमी इंदौर में रंगपंचमी के अवसर पर कल रंगारंग गेर निकलेगी इस बार की गेर विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेगी पूरे मार्ग में लोगों को रंगों से सराबोर करने के लिए बौछार छोड़ी जाएगी

गेर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिये यूनेस्कों को प्रस्ताव भेजा गया गया है मौसम प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर देर रात बारिश और ओलावृष्टि से ठंडक बढ़ गई है भोपाल में देर रात तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे उमरिया में भी ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश होने की खबर है इससे जिले के कई गॉवों में गेहूं और दलहनी फसलों को नुकसान पहॅचा है उमरिया जिले में एक पखवाड़े में तीसरी बार ओले गिरे हैं वहीं मंडला में सुबह तेज बारिश शुरू हुई बेमौसम बारिश से दलहनी फसलों को नुकसान पहुँचा है सीधी में कल ओलावृष्टि हुई जिससे बड़े पैमाने पर फसल प्रभावित हुई है डिण्डोरी में भी देर रात हुई बारिश से किसान खेतों में तैयार हो चुकी दलहनी फसलों को लेकर चिंता में पड़ गये है

मौसम विभाग ने आज भोपाल रायसेन सीहोर जबलपुर रीवा सहित पूर्वी मध्यप्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है

इसमें प्रदेशभर से आये भक्त शामिल होंगे

और विजेताओं को पुरस्कार दिये जायेंगे